वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाइडेन को जीत हासिल करने पर बधाई दी है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूती प्रदान करने में श्री बाइडेन का अमूल्य योगदान था कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व का विषय है बाइडेन के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर विश्वभर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है

श्री मोदी इन परियोजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे

भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए निरंतर बैठक कर रहे हैं

इसके तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जायेगा

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ प्रदीप के गावंडे ने बताया कि उनके खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाही की गई है

वहीं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई मिठाई विक्रेताओं के यहां से मावे और घी के नमूने लिए गए और तीन किलो दृषित बादाम नष्ट करवाया गया इसके अलावा नमकीन विक्रेता के यहां से मिर्च के नमूने लिए गए

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि भर्ती परीक्षा के दौरान कोरोना को ध्यान में रखते हए विशेष व्यवस्थाएं की गई

आदोलन के चलते दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर अब भी कई गाड़ियों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है और कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है हमारे दौसा संवाददाता ने बताया कि जिले के बावनपाडा में कल समाज के पंच पटेलों की बैठक हुई जिसमें आन्दोलन की आगे की रणनीति के बारे में विचार किया गया वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से आईएएस अधिकारी नीरज के पवन ने कहा है कि सरकार गुर्जर समाज की मांगों को लेकर विचार कर रही है और इन मांगों का जल्दी ही निपटारा कर दिया जाएगा

जल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इंजीनियरों की टीम के साथ शहर के विभिन्न पर्यटक स्थलों का दौरा किया